मुख्यमंत्री ने कहा कैंसर रोग का श्रूआत में पता लगाने के लिए आईजीएमसी व टांडा मैडिकल कॉलेज में जल्द स्थापित होंगी पैट स्कैन मशीनें भाजपा की केन्द्रीय चुनाव समिति ने राज्यसभा चुनाव के लिए हिमाचल से इंदु गोस्वामी के नाम पर लगाई मोहर खराब मौसम के कारण भारत व दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच रद्द

इस अधिनियम के मुताबिक यदि कोरोना का कोई संभावित मरीज इलाज करवाने से मना करता है तो उसे सजा भी हो सकती है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में एक विशेष व्यक्तव्य के माध्यम से राज्य में इस कानून को लागू करने की बात कही उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस को आने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार ने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं केंद्र की एडवाइजरी के अनुसार प्रदेश में सभी सार्वजनिक सभाओं और समारोहों को स्थगित कर दिया है उन्होंने कहा कि इसके बावजूद यदि ऐसी सार्वजनिक सभाए करना जरूरी हो तो वहां बचाव के प्रति अधिक सावधानी बरतना जरूरी होगा

उन्होंने कहा कि चार लोगों को खांसी जुखाम बुखार के लक्षण पाए जाने के बाद जांच के लिए नमूने भेजे गए थे और ये सभी नेगेटिव पाए गए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है

उन्होंने प्रदेशवासियों से इस महामारी से निपटने के लिए सहयोग की भी अपील की प्रश्नकाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कैंसर रोग का शुरूआत में ही पता लगाने के लिए इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज शिमला और टांडा मैडिकल कॉलेज में शीघ्र पैट स्कैन मशीनें स्थापित की जाएंगी वे आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक नरेंद्र ठाकुर और आशीष बुटेल द्वारा पैट स्कैन संबंधी संयुक्त सवाल का जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा है कि शिमला में कैंसर अस्पताल में पैट स्कैन के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन निर्माण के लिए नगर निगम शिमला से एनओसी मिल गई है जयराम ठाकुर ने कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए यह बीमारी चिंता का विषय बन चुकी है उन्होंने खेद जताया कि अभी प्रदेश में पैट स्कैन मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है और मरीजों को चंडीगढ़ और दिल्ली भेजा जा रहा है

विधायक हर्षवर्धन चौहान के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिलाई विधानसभा क्षेत्र में बंदोबस्त का काम लोगों की सुविधा के अनुसार करने का प्रयास करेगी

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विधायक विशाल नैहरिया के सवाल पर कहा कि एससीए के चुनाव करवाने का फैसला प्रदेश विश्वविद्यालय की ईसी करती है उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश विश्वविद्यालय की ईसी एससीए चुनाव करवाने की सिफारिश करती है तो राज्य सरकार इस मामले पर विचार करेगी

ज्यादा पैसा सरकारी क्षेत्र का जमा है जबकि निजी क्षेत्र के भी करोड़ों रूपए बैंक में फंस गए हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में येस बैंक पर एक विशेष व्यक्तव्य के माध्यम से ये जानकारी दी उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर येस बैंक की आर्थिक स्थिति को लेकर भय और दहशत का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया और कहा कि यह ठीक नहीं है

उन्होंने कहा कि आरबीआई ने निवेशकों को आश्वस्त किया है कि उनका धन सुरक्षित रहेगा और एक सप्ताह के भीतर स्टेट बैंक आफ इंडिया इस संबंध में यस बैंक को पुनः इस संकट से उबारने के लिए योजना तैयार करेगा मुख्यमंत्री ने मौजूदा परिस्थितियों में प्रदेश की जनता से किसी भी प्रकार के भय को त्याग कर धैर्य बनाए रखने को कहा

कांग्रेस की आशा कुमारी ने बजट चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि येस बैंक में जो कुछ भी हुआ वह केंद्र सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन का ही परिणाम है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बैंक को खूद डबोया है और उसमें आम आदमी भी फंस गए हैं जबकि मुख्यमंत्री इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने एक राजनीतिक दल को फंड दिया आज वही बैंक के सबसे बड़े डिफाल्टर हैं आशा कुमारी ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है ऐसे में राज्य सरकार को सच्चाई को मानना होगा विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चर्चा में भाग लेते हुए जयराम सरकार के बजट की सराहना की उन्होंने कहा कि बजट से स्पैशल पुलिस आफिसर को काफी उम्मीदें थी लेकिन वे छूट गए ऐसे में उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उन्हें भी अन्यों की तरह राहत प्रदान करेंगे कांग्रेस के रामलाल ठाकुर ने चर्चा में भाग लेते हुए स्वास्थ्य विभाग में दवा खरीद और सब स्टैंडर्ड दवा का मामला उठाया उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में कई नई योजनाओं का उल्लेख तो किया लेकिन बजट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में एक भी माइन नहीं है ऐसे में स्थानीय गांव के लोग रोड़ी और पत्थर कहां से लेंगे उन्होंने कहा कि आज कोल्ड स्टोरेज की दिशा में काम करने की आवश्यकता है

राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति ने राज्यसभा चुनाव के लिए पांच और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है पार्टी ने हिमाचल से इंदु गोस्वामी के नाम पर मोहर लगाई है

इसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे क्रिकेट भारत व दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला आज बारिश के कारण रदद हो गया धर्मशाला में लगातार हो रही वर्षा से ये मैच संभव नहीं हो पाया

मगर मौसम की बेरूखी के चलते ये मैच रदद करना पड़ा मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी रूक रूक कर हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा का क्रम जारी रहा जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में भारी हिमपात जबकि गोंदला सिस्सू में एक फुट से अधिक और रोहतांग व बारालाचा दर्रे में दो फुट से अधिक ताज़ा हिमपात हुआ है इसी तरह कोकसर में डेढ फुट बर्फबारी हुई है जिससे जनजीवन प्रभावित है कुल्लू में गेमन पुल के पास तेज हवाओं व बारिश के चलते कुल्लू मनाली सड़क पर एक पेड़ के गिरने से यातायात बाधित है उधर चम्बा में भारी बारिश से कोटी गांव के पास एक निजी बस फिसलने के कारण सड़क से नीचे उतर गई हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं

राजधानी शिमला सहित अन्य ज़िलों में दिनभर तेज़ हवाओं के साथ वर्षा हो रही है